इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट ऑल इण्डिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी किया जायेगा मन की बात के हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा

पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बताया कि अभियान प्रदेश के हर जिले में चलाया जाएगा और संबंधित उपायुक्त इसकी निगरानी करेंगे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समी सरकारी कार्यालय संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानों का सहयोग भी लिया जाएगा साथ ही स्थानीय मंत्रियों विघायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर आम लोगों को प्रेरित किया जाएगा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला शहर में जल्द ही ई बसें चलाई जायेंगी इन बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरें की सुविधा होगी इसके अलावा शहर में स्मार्ट रोड़ नेटवर्क विकसित करने के साथ साथ बैरियर मुक्त बस शैल्टर भी बनायें जायेंगे ये जानकारी स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रबंध निदेशक संदीप कदम ने कल धर्मशााला अधिकारियों के साथ एक बैठक में दी

कुल्लू के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुरेश जस्वाल ने राज्य परिवहन निगम और निजी बस चालकों के साथ कल कुल्लू में एक बैठक की और परिवहन सेवाओं को लेकर उचित दिशानिर्देश दिए उन्होंने कहा कि लोकल सवारियों को बस में बिठाने से मना करने पर परिचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मोदी के चार साल पर हिमाचल में तीन योजनाए केंद्र की उपलब्धियों को भुनाकर प्रदेश सरकार ने शिमला में मनाया बड़ा जश्न

आपका फैसला के शब्द हैं हाईकोर्ट ने पानी की किल्लत को लेकर निगम प्रशासन को लगाई फटकार

प्रदेश में कौशल विकास योजना में निजी कम्पयूटर सेंटर संचालको की घोखाघड़ी से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण के शब्द हैं सीएम जी कम्पयूटर संचालक कर रहे घोखाघड़ी आघी आधी राशि आपस में बांटकर बिना कोर्स किए ले रहे युवा प्रमाण पत्र

दैनिक सवेरा टाईम्स की एक खबर है नाहन में निपाह से नहीं गर्मी से मरे चमगादड़ एनआईवी का खुलासा फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ हिमाचल में नहीं